इधर करौली में कल कोरोना वायरस का पहला संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया है

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रदेश में रेपिड टेस्ट नीति को मंजूरी दे दी है इस किट से कम समय में ज्यादा जांच की जा सकेगी चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि पिछले महीने ही किट को अनुमति के लिए आईसीएमआर भेजा गया था अब मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में मरीजों की जांच प्रक्रिया में तेजी आई

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेपिड टेस्ट किट खरीदने के लिए सरकार अधिकृत कम्पनियों के सम्पर्क में है और ये किट आने के बाद मरीजों की जांच प्रकिया में और तेजी आएगी उन्होंने मीडियाकर्मियों से प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इंतजाम और राहत उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया जयपुर की जौहरी बाजार मस्जिद के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने लोगों से स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की है श्री कुरैशी ने बताया कि संकट की इस घड़ी में सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है

ब्रंदी शहर में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है तो वहीं बाड़मेर जिले की गडरा रोड पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जैसलमेर में भी प्रशासन बिना वजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर ड्रोन के माध्यम से नजर बनाये हुए है इधर दौसा में पुलिस आईजी एस सेंघाथिर ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया उन्होंने मुख्य सड़कों के साथ ही गली मोहल्लों में भी कर्फ्यू सफल बनाने के निर्देश दिए एडीजी पुलिस जंगा श्रीनिवास राव ने भी कल बूंदी जिले का दौरा कर पुलिस की ओर से किए गए इंतजाम का जायजा लिया और जवानों को सैनेटाइजर और मास्क बांटे सीकर में भी घरों के सर्वे और लोगों की स्कीनिंग का काम तेजी पर है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां अब तक तीन लाख से अधिक घरों का सर्वे कर करीब पौने चौदह लाख लोगों की स्कीनिंग कर ली है इधर उदयपुर नगर निगम ने शहर से गुजरने वाले वाहनों को सैनेटाइज्ड करने के लिए व्हीकल्स सैनेटाइज सिस्टम तैयार किया है इस सिस्टम के माध्यम से सड़क पर गुजरने वाले वाहनों पर स्वचालित रूप से सैनेटाइजर का छिडकाव किया जा रहा है बारां जिले में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को दस दिन का राशन दिया जा रहा है

वहीं एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की ओर से डेढ करोड रूपए का चेक भी मुख्यमंत्री को दिया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आपदा से निपटने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया था श्री मोदी ने कहा था कि इस सामुहिक प्रयास के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि इस महामारी के खिलाफ लडाई में पूरा देश एकजुट है

मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण उन अटकलों के बाद आया है जिनके मुताबिक बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ बत्तीयां बंद करने की अपील की है इसलिए अन्य बिजली के उपकरण बंद नहीं किए जाने चाहिए इस दौरान अस्पताल सहित अन्य आवश्यक सेवाओं के कार्यालयों की बत्तीयां जली रहेंगी मंत्रालय ने स्थानीय निकायों से जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों की बत्तियां जलाये रखने को कहा है